वस्तु एवं सेवाकर से संबंधित व्यापारियों की व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर करने के लिए आज भोपाल में कार्यशाला का आयोजन होगा

अखिल भारतीय महापौर हॉकी ट्राफी में राज्य हॉकी अकादमी की टीम पराजय के बाद स्पर्धा से बाहर मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ओपीरावत ने कहा है कि अब लोक सभा और विधानसभा चुनावों में ईवीएम मशीनों के साथ साथ वीवीपैट मशीनों का भी उपयोग होगा कल ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि ईवीएम और वीवीपेट मशीनों के उपयोग पर सभी राजनीतिक दलों ने सहमति जताई है निर्वाचन में विश्वसनीयता को बनाये रखने और लोगों को अभिप्रेरित करने के लिये गांव गांव जाकर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के उपयोग और कार्यप्रणाली के बारे में समझाइश दी जा रही है देश में वीवीपैट मशीनों का उपयोग पहली बार होने जा रहा है अधिकारियों और कर्मचारियों को मशीनों के उपयोग के बारे में मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है वहीं शहर में आयोजित मतदाता जागरूकता समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने देश के नागरिकों को अपने मताधिकार का उपयोग कर प्रजातंत्र को मजबूत करने का आहवान किया इस मौके पर उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करने के लिये तैयार किये गये गीत की सीडी का विमोचन किया साथ ही बेहतर चुनाव कैसे विषय पर प्रकाशित पुस्तिका का लोकार्पण भी किया जनआशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान कल नीमच जिले की मनासा और जावद विधानसभा क्षेत्र में सभाओं को संबोधित किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी वर्गो के कल्याण के लिये योजनाए चलाई जा रही इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा हैं उन्होंने क्रकड़ेश्वर में शीाघ ही गांधी सागर बांध से पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये योजना का भूमिपूजन किया उन्होंने कहा कि क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिये विशेष योजनाए लागू की जा रही है

उधर मनासा में मुख्यमंत्री की यात्रा का विरोध कर रहे कई कांग्रेस कार्यकताटओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया जीएसटी व्यापारियों की वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये आज भोपाल में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कार्यशाला आयोजित की जायेगी यह कार्यशाला गोविंदपुरा इण्डस्ट्रियल एसोसिएशन सभागार में होगी कार्यशाला में चार्टर्ड अकाउंटेंट व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करेंगे कार्यशाला में व्यापारियों को ऑनलाइन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा इसमें पंजीयन आवेदन और उसमें संशोधन रिटर्न फाइल करना रिफंड आवेदन ई वे बिल डाउन करने पर प्रशिक्षण शामिल है यह पहला मौका है जब कर सलाहकारों उद्योगपतियों छोटे व्यापारियों और ट्रांसपोटरों को आ रही कठिनाईयों को सीधे कम्प्यूटर पर जानकारी देकर दूर किया जायेगा

राज्य सरकार ने न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास अर्जी दायर कर सूचित किया है कि पंचायत और शहरी निकाय चुनावों की तैयारियों को देखते हुए वह सुनवाई स्थगित करने की मांग कर रही है

इस अनुच्छेद में जम्मू और कश्मीर के स्थाई निवासियों को विशेष अधिकार और सुविधाएं दी गई हैं तथा राज्य से बाहर विवाह करने वाली स्थानीय महिला को संपत्ति अधिकारों से वंचित कर देने का प्रावधान है

पालकी में श्री चन्द्रमौलेश्वर और हाथी पर श्री मनमहेश के स्वरूप में विराजित होकर अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलेंगे वहीं खण्डवा जिले की तीर्थ नगरी ओम्कारेश्वर में पालकी में भगवान ओम्कारेश्वर एवं भगवान ममलेश्वर की सवारी निकाली जाएगी सवारी विधिवत पूजन अर्चन के बाद नगर भ्रमण की ओर रवाना होगी भगवान ओम्कारेश्वर की रजत प्रतिमा को नर्मदा के जल से अभिषेक व प्रजन अर्चन पश्चात नर्मदा में नौका विहार कराई जाएगी इधर वही भगवान ममलेश्वर की रजत प्रतिमा का नर्मदा के केवलराम घाट पर दुग्धाभिषेक कर नर्मदा जल से स्नान कराया जाएगा इसके साथ ही कावड़ यात्रा की शुरुआत हो गई हैं जिसमे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओ का भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया जो की पूरे श्रावण माह तक चलता रहेगा आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कल कहा कि मोबाइल फोन के नम्बरों की सूची में आधार का हेल्पलाईन नम्बर होने मात्र से फोन का डाटा नहीं चुराया जा सकता इसलिए इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है और इससे कोई नुकसान नहीं होगा

आधार के डाटा बेस के बारे में सभी अफवाहें पूरी तरह से गलत और बेबूनियाद हैं इस संबंध में आधार की आलोचनाओं का कोई औचित्य नहीं है प्राधिकरण ने कहा है कि आधार का डाटा पूरी तरह से सुरक्षित है

प्राधिकरण ने कहा है कि गूगल की इस गलती का लाभ उठाना निदनीय है कुछ लोग इसकी आड़ में आधार के खिलाफ अफवाहें और गलतफहमियां फैला रहे हैं मोघे मध्यप्रदेश गृह निर्माण विकास अधोसंरचना विकास मण्डल के अध्यक्ष कृष्णमुरारी मोघे ने कहा है कि वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को दो दो पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिये उन्होंने कल आगरमालवा में मण्डल द्वारा विकसित की जा रही कॉलोनी बाबा बैजनाथ नगर में वृक्षारोपण करते हुए कहा कि पेड़ पौधे कम होने के कारण वर्तमान समय में बारिश कम हो रही है जिससे भूमि का जलस्तर नीचा होता जा रहा है जो कि चिन्ता का विषय है उन्होंने कहा कि इसके लिये आवश्यक है कि हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर उनकी देखभाल करें श्री मोघे ने आगे कहा कि मण्डल द्वारा विकसित कॉलानी में आगामी एक दो माह मे सभी आवश्क सुविधा को मुहैया कराया जाएगा

समाचार संक्षेप में वीवीपैट मशीन के प्रचार प्रसार के लिए चुनाव आयोग द्वारा प्रदान किया गया जागरूकता रथ कल खरगोन जिले के कई गाँवों में पहुँचा जहां ग्रामीणों ने मशीन के संबंध में जानकारी प्राप्त की